प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि हमारे देश में गरीबों के बारे में बहुत बातें की गई हैं लेकिन पिछले छह वर्ष में उनके लिए अभूतपूर्व काम किये गए प्रत्येक क्षेत्र में जहां भी गरीब अभाव में नजर आए उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार योजनाएं लेकर आई बाइट कई लोगों ने तो जिंदगी में बार बार गरीब गरीब ही बोलते रहे लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले छह साल में हुआ है और बिल्कुल प्लानिंग से हुआ है एक चीज के साथ दूसरी चीज दूसरे से जुड़ी हुई है तीसरी चीज हर चीज की भरपाई हो और गरीबी से लड़ने की उसको ताकत मिले और खूद ही गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले उस दिशा में एक के बाद एक कदम अनेक नई पहलें उठाई गई है प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान यह बात कही उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य है कि स्ट्रीट वेंडर अपना काम फिर शुरू कर सकें और आसानी से प्रंजी हासिल कर सकें

स्वनिधि योजना के लाभ के बारे में श्री मोदी न कहा कि इस योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर ब्याज से पूरी तरह छूटकारा पा सकते हैं इस योजना के तहत ब्याज में सात प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है लेकिन अगर कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो उन्हें कुछ भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा करत हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्धि कराने वाले पक्षों के सहयोग से नई शुरूआत हुई है कि स्ट्रीट वेंडर डिजिटल शॉपकीपिंग से अछूते न रहें अब बैंकों और संस्थानों के प्रतिनिधि स्ट्रीट वेंडर के घर आर रेहड़ी तक आयेंगे और उन्हें क्यूआर कोड देंगे बाइट बीते तीन चार साल के दौरान देश में डिजिटल लेन देन का चलन तेजी से बढ़ रहा है कोरोना काल में हम सब महसूस भी कर रहे है कि ये कितना जरूरी भी है अब ग्राहक नकद पैसे लेने देने से बचते है सीधे मोबाइल से ही पेमेंट करते है इसलिए हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी इस डिजिटल दुकानदारी में बिल्कुल पीछे न रहे श्री मोदी ने कहा कि रिसाइकिलिंग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और यह हमारी संस्कृति से जुड़ा है हमारे देश में तो ये जो रिसाइकिलिंग जिसको कहते है न आजकल वो हमारी सदियों पुरानी बातें है अब देखिए माताएं घर में साड़ी पुरानी हो जाएगी तो उससे गद्दा बना लेंगी गद्दा पुराना हो जाएगा तो उसको पोछे के लिए उपयोग करेंगी यानी एक भी चीज खराब नहीं होने देती

इनमें से करीब एक लाख चालीस हजार स्ट्रीट वेंडर को एक सौ चालीस करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति मिल चुको है

उन्होंने कहा कि सरकार जनता को कोरोना से सुरक्षित रखने और उनका बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिये संकल्पित है इसके लिये रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है

उन्होंने अस्पतालों में कार्मिकों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिये साथ ही उन्होंने चिकित्साकर्मियों को मेडिकल संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिये पीपीई किट ग्लब्स मास्क और सैनिटाइजर की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कहा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

इन दिशानिर्देशों में विद्यार्थियों के बीच नोट बुक पेन पेंसिल पीने के पानी की बोतलें साझा नहों करने और असेम्बली तथा खेल की मनाही के साथ ही ऑनलाइन सीखने को प्रोत्साहित करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं इसके अनुसार स्कूल में आने के लिए छात्रों के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी और शिक्षक तथा छात्रों के बीच संवाद सुनियोजित ढंग से किया जायेगा दिशा निर्देशों में स्कूल के बुजुर्ग और अधिक जोखिम वाले कर्मचारियों तथा गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है इन स्कूलों में संक्रमण के खतरे वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन के स्तर की जांच क लिए पल्स ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था होगी भारत सरकार द्वारा व्यापार की सुगमता को लेकर शुरू की गई राज्यों की रैंकिंग की तर्ज पर ही प्रदेश में भी जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिये जिलों की भी रैंकिंग की जा रही है अगस्त माह की रैंकिंग में उन्नाव जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि हर महोने की जाने वाली इस रैंकिंग से प्रदेश में व्यापार के लिये माहौल और बेहतर होगा

क्योंकि जो भी एनओसी दी जाती है पोर्टल से उसका जो वैकेड प्रोसेसिंग है वह जिला स्तर पर ही होता है चाहे वह बिजली विभाग के एक्सीएम हो चाहे वह कमीशन कंट्रोल विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी हो तो जिला स्तर में इसको करने से काफी सुधार आया है इसमें और बहुत गुंजाइश है सुधार करने की जो डिस्टिक लेवल रैंकिंग शुरू की गई है वह बहत अच्छा स्टेप है और मुझे आशा है कि इसमें आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बिजनेस में और भी सुधार आयेगा

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक दो लाख सोलह हजार नौ सौ एक मरीज कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए महोबा के पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के निर्देश दिये हैं गृह विभाग के प्रवक्ता के अनुसार पुलिस अधीक्षक पर गिट्टी मौरंग ढोने वाले वाहनों स अवैध रूप से धन की मांग का आरोप है गौरतलब है कि कल सरकार ने प्रयागराज के वरिष्ठ प्रलिस अभिषेक दीक्षित को भ्रष्टाचार और अपराध नियंत्रण में शिथिलता के आरोपों के चलते निलम्बित कर दिया था